जो भी आवश्यक निर्णय करने की जरूरत पड़ी एक्सापर्ट की मदद से करते रहे एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले लोगों के थर्मल स्क्रीनिंग हों विदेश में फंसे भारतीयों को स्वेदेश लाने की बात हो दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यातायात को बंद करने का बड़ा कठिन निर्णय हो मेडिकल इंफ्रास्टेक्चर को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास हों भारत एक के बाद एक प्रोएक्टिव होकर के फैसले करता गया

भारत ने जितनी तेजी से काम किया है होलिस्टिक एपरोच के साथ काम किया है आज उसकी प्रशंसा सिर्फ भारत में ही नहीं वर्ल्डा हेल्थस ऑर्गेनाइजेशन डब्यू स भ एच ओ ने भी की है

उन्होंने कहा कि यह एक लंबी लड़ाई है लेकिन भारत न थकेगा न हारेगा प्रधानमंत्री ने मौजूदा परिस्थिति से निपटने में परिपक्वता का परिचय देने के लिए देशवासियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अभूतपूर्व है कल रात नौ बजे नौ मिनट के लिए देशभर में बिजली बंद कर दीय जलाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह पूरे देश की एकजुटता की शक्ति का प्रदर्शन था श्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे को याद करते हुए कहा कि इन नेताओं ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किये अपना जीवन राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित कर देने वाले पार्टी के इन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लगे योद्धाओं को समर्पित है उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और मिशन को आगे बढ़ाने के लिये समर्पित है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना संकट से निपटने के लिये महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सांसदों के वेतनभत्तों और पेंशन में तीस प्रतिशत की कटौती से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी है

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने स्वेच्छा से एक वर्ष के लिये अपने वेतन में तीस प्रतिशत की कटौती की सहमति दी ह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन का कडाई से पालन कराने के साथ ही गरीबों और फंसे हुए लोगों के लिए खाद्य सामग्री और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया है और ब्योरा हमारे संवाददाता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोनावायरस मरीजों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी को गंभीरता से लिया है लखनऊ में राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सही जानकारी होना अत्यावश्यक है और जानकारी लेकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि वीडियो वॉल स्थापित हो जाने के बाद सूचनाओं के आदान प्रदान में तेजी आएगी उन्होंने सभी जनपदों में जिलाधिकारियों को अपने यहां आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए इस दौरान कानपुर में तबलीगी जमात के कारण कोरोना में हुई वृद्धि के चलते जिलाधिकारी ने कानपुर तथा घाटमपुर कस्बे में पूर्णतया लॉकडाउन कल से लागू करने के निर्देश दिए हैं जिला अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने कहा कि इस दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी आवश्यक खाद्य पदार्थो की आपूर्ति लोगों को घरों पर की जाएगी

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में कन्ट्रोल रूम राहत कार्यों का बैकबान होता है इसके अन्तर्गत सभी जिलाधिकारी अपने अपने जनपदों के कन्ट्रोल रूम में एक जिम्मेदार नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर चौबीसो घंटे इसका संचालन सुनिश्चित कराएं कन्ट्रोल रूम के माध्यम से त्वरित गति से राहत कार्यक्रम संचालित कराया जाए

उन्होंने इस अवसर जियो स्पेशल आधारित मोबाइल एप्लिकेशन और कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम के लिए जियो पोर्टल का भी लोकार्पण किया अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जायेगी

श्री अवस्थी ने बताया कि कोरोना संक्रमित लोगों के लिये बनाये गये चार हजार नौ आश्रय गृहों में एक लाख सत्रह हजार से अधिक लोगों को रखा गया है

इनमें से एक सौ उन्सठ मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं आज सामने आये सत्ताईस नये मामलों में से इक्कीस तबलीगी जमात के लोगों हैं उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के तेजी से बढ़ने के कारण पैदा हुई संवेदनशीलता को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को चौदह अप्रैल के बाद समाप्त करने की संभावना के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता उन्होंने कहा कि यदि संक्रमण का एक भी मामला रह जाता है ता लॉकडाउन को समाप्त करना खतरनाक हो सकता है श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ अब तक नौ हजार नौ सौ पचपन मामले दर्ज किये जा चुके हैं

भगवान महावीर की जयंती आज देशभर में मनाई जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भगवान महावीर की अंहिसा सत्य और त्याग की नेक शिक्षाएं हर यूग में हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक रही हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान महावीर के अंहिसा सत्य ईमानदारी निःस्वार्थ सेवा और बलिदान के संदेश शाश्वत रहे हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भगवान महावीर का जीवन सत्य अहिंसा और सादगी पर आधारित था